भाजपा के पदाधिकारियों की आज नई दिल्ली में बैठक सभी प्रदेशाध्यक्ष संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी ले रहे है भाग आईसीसी विश्वकप किकेट प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैण्ड से

राज्य सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर चक्रवाती तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने की व्यापक तैयारियां की हैं

पश्चिम रेलवे ने भी गुजरात के संभावित प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द किया है

यह विधेयक सार्वजनिक हितों को पूरा करने में यूआईडीएआई को एक मजबूत तंत्र प्रदान करेगा इस संशोधन के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए तब तक आधार नम्बर या प्रमाणीकरण का नम्बर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ऐसा करना संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत अनिवार्य न हो बैंक में खाता खुलवाने के लिए आम लोगों को सुविधा प्रदान करते हुए प्रस्तावित संशोधनों में प्रमाणीकरण के लिये आधार नम्बर उपलब्ध कराना स्वैच्छिक कर दिया गया है इस विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार शिक्षक केडर में सात हजार से अधिक खाली पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी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

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में बताया कि ये विधेयक मुस्लिम महिलाओं को प्रूषों के समान अधिकार देगा और उन्हें मजबूत बनाएगा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

इसमें मुस्लिम महिलाओं और उन पर आश्रित बच्चों को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान किया गया है विधेयक में ये प्रावधान भी किया गया है कि अपराधी कॉ जमानत देने से पहले मजिस्ट्रेट पीडित महिला की सुनवाई करेगा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज नई दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है इसमें भाजपा के सभी प्रदेशाध्यक्षों सभी राज्यों के संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी भाग ले रहे है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी बैठक में शामिल हुई है यह बैठक राज्यों में पार्टी के संगठन चुनावों से पहले बुलाई गई है लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बाद सभी राज्यों के अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ पार्टी की यह पहली बैठक है इसके बाद बीजेपी के महासचिवों की बैठक संभावित है जिसमें सदस्यता अभियान की रूपरेखा तैयार की जायेगी

इससे पहले बुलाई गई इस बैठक का उद्देश्य संसद का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ सहमति बनाना है चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया है पार्टी की विज्ञप्ति के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड पूरा कर लेने के कारण राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को रजिस्टर्ड राज्य पार्टी का दर्जा मिला है पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और वर्तमान में नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने बताया कि यह खुशी और गौरव का क्षण है श्री बेनीवाल ने कहा कि संसद में एनडीए के सहयोगी दल के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेगी उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा

हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला गोपालन समिति की बैठक में अनुदान प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई

प्रदेशभर में निर्जला एकादशी के अवसर पर आज मंदिरों में विभिन्न आयोजन हो रहे है श्रद्वालु सुबह से ही मंदिरों में ठाक्र जी के दर्शन के लिये पहुंच रहे है

आईसीसी विश्वकप किकेट प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैण्ड से नॉटिंघम में होगा भारत ने अपने पहले दो मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को हराया है वहीं न्यूजीलैण्ड ने श्रीलंका बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हुए अपने तीनों मैच जीते है भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन चोट लगने के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे है प्रदेश में कई स्थानों पर हुई बारिश के बाद अधिकतम तापमान में आठ से दस डिग्री की गिरावट आई है जिसके बाद लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है जालौर डूंगरपुर बांसवाडा राजसमंद सवाईमाधोपुर बाडमेर और झालावाड से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि यहां भी बारिश के बाद लोगों ने तेज तपन से राहत पाई